मैट्रिक तथा इंटर की परीक्षा फरवरी में राज्य सरकार ने इंसेफ्लाईटिस की बीमारी से निपटने के लिये मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती की है तैनात किये गये चिकित्सकों में अधिकतर शिशु रोग विशेषज्ञ हैं गौरतलब है कि एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में से अब तक कम से कम पैंसठ बच्चों की मौत हो चुकी है ये बच्चे मुजफ्फरपुर वैशाली सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिले के थे दिमागी बुखार के कारण सबसे अधिक मौतें मुजफ्फरपुर में हुई हैं आज चौदह नये मरीजों को एसकेएमसीएच और पांच को केजरीवाल अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है इधर केन्द्रीय विशेषज्ञों का दल आज भी मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाईटिस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा कर रहा है दल में शामिल चिकित्सकों ने एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल का दौरा कर मरीजों की स्थिति की जानकारी ली और स्थानीय चिकित्सकों के साथ गहन विचार विमर्श किया जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में इंसेफ्लाईटिस से पीड़ित बच्चों के इलाज की व्यवस्था की गयी है उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने प्रभावित क्षेत्रों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों अंचल अधिकारियों और थानाध्यक्षों को दिमागी ब्रुखार से पीड़ित बच्चों की जानकारी होने पर उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाने को कहा है श्री लाल ने कहा कि जानकारी प्राप्त होने पर अधिकारी अविलंब पीड़ित बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और एसकेएमसीएच पहुंचाये इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि सरकार इंसेफ्लाईटिस से निपटने के लिये हरसंभव उपाय कर रही है आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है भाकपा माले और विकासशील इंसान पार्टी ने राज्य सरकार पर दिमागी बुखार से बच्चों की मौत रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में आपराधिक लापरवाही बरत रही है जिसके कारण बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं रूक रहा है उन्होंने अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में आईसीयू और प्रखंड स्तर पर आपातकालीन चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की इधर विकासशील इंसान पार्टी ने रोग के स्थायी निदान की मांग को लेकर पटना के करगिल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान और वज्रपात की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर पंद्रह हो गयी है मृतकों में तीन बच्चे हैं सबसे अधिक छह लोगों की नालंदा पांच की पटना तीन की पूर्वी चम्पारण और एक की शेखपुरा से मरने की खबर है नौ घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है सड़कों और रेल पटरियों पर पेड़ और बिजली के तार गिरने से रेल और सड़क यातायात सेवायें प्रभावित हुई हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए स्थानीय प्रशासन से मृतकों के निकटतम आश्रितों को तत्काल चार चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान राशि देने का निर्देश दिया है वहीं कृषि विभाग को फसलों की हुई क्षति के आकलन के निर्देश दिये गये हैं इधर मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और बारिश की संभावना जतायी है वहीं पटना गया रोहतास औरंगाबाद और नालंदा सहित दक्षिण हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है सबसे अधिक बयासी मिलीमीटर बारिश पूर्वी चंपारण जिले के लालबगिया घाट में दर्ज की गयी लोक जनशक्ति पार्टी के बागी नेताओं ने अलग पार्टी बनाने की घोषणा की है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे सत्यानंद शर्मा बताया कि नई पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी सेक्युलर होगा उन्होंने लोजपा में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के भीतर काम करने वालों का कोई सम्मान नहीं है

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम ने आज पटना में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि हज यात्रियों का पहला जत्था चार जुलाई को रवाना होगा श्री खुर्शीद ने बताया कि गया से चौदह सौ से अधिक और कोलकाता से साढ़े तीन हजार से अधिक यात्री उड़ान भरेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी महीने में होगी मैट्रिक की परीक्षा सत्रह से पच्चीस फरवरी के बीच आयोजित की जायेगी वहीं प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन बीस जनवरी से बाईस जनवरी के बीच होगा परीक्षा फार्म एक जुलाई से दस जुलाई के बीच भरा जायेगा इंटर की परीक्षा तीन फरवरी से तेरह फरवरी के बीच होगी प्रायोगिक परीक्षाएं दस जनवरी से इक्कीस जनवरी तक ली जायेगी परीक्षा के लिये छब्बीस जून से आठ जुलाई के बीच फार्म भरे जायेंगे श्री किशोर ने बताया कि डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एज़केशन डीएलएड की परीक्षाएं अगले वर्ष छब्बीस से तीस मई के बीच आयोजित की जायेगी उन्होंने बताया कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में नामांकन के लिये प्रारंभिक परीक्षा इस साल सत्रह अक्टूबर और मुख्य परीक्षा तीस नवम्बर को होगी इस विद्यालय में नामांकन के इच्छुक छात्र पच्चीस जुलाई से तीन अगस्त के बीच आवेदन कर सकेंगे मूजफ्फरपूर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पूलिस ने अभियान चलाकर दो ट्रक शराब जब्त की है बरामद शराब की कीमत लगभग पचास लाख रूपये से अधिक बतायी जाती है वहीं समस्तीपुर के सिंधिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने तलाशी के दौरान एक वाहन से लगभग पंद्रह लाख रूपये मूल्य की शराब जब्त की है अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस और एसएसबी की टीम ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया थाना अंतर्गत धरमपुर प्रानी नहर के पास से एसएसबी की टीम ने आठ सौ पचास ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है जब्त चरस की कीमत सत्रह लाख रूपये बतायी जाती है गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र अंतर्गत भोरे मीरगंज मुख्य पथ पर अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि छह की संख्या में आये अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया

वहीं रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला बाजार में अपराधियों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी

गोपालगंज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये वहीं समस्तीपुर में दो तथा सारण और बेगूसराय जिले में एक एक लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी दूसरी तरफ नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव के पास सड़क दुर्घटना में चार पुलिसकर्मी घायल हो गये मुजफ्फरपुर जिले के अखाड़ा घाट रोड में हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी बैंककर्मी से चालीस हजार रूपये लूट लिये बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बरौनी रिफायनरी चौकी के प्रभारी विवेक भारती को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है अरवल जिले में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत पैंतालीस लाभुकों को अनुदानित दर पर वाहन उपलब्ध कराये गये हैं सासाराम नगर परिषद् की मुख्य पार्षद कंचन देवी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया मुंगेर जिले के जमालपुर रेलवे जंक्शन पर रेल सुरक्षा बल ने पंद्रह अर्द्वनिर्मित देशी पिस्तौल और उसके कल पूर्जे जब्त किये हैं और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में इंसेफ्लाईटिस का प्रकोप जारी

मैट्रिक तथा इंटर की परीक्षा फरवरी में